केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक जीएसटी की वजह से महंगाई दर साढ़े तीन फीसदी नीचे रखने में मिली कामयाबी सशस्त्र सेना दिवस पर मुख्यमंत्री ने लोगों से सशस्त्र कल्याण कोष में उदारता से दान देने का किया आहवान प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से धर्मशाला में सत्र को लेकर भाजपा व और कांग्रेस कल बनाएंगी रणनीति

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्व व कर में वृद्धि के प्रयास कर रही है और इस दिशा में कारगर कदम उठाए जा रहे हैं जीएसटी दिवस नये जीएसटी रिटर्न पर राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया जानने के लिये आज जीएसटी फीडबैक दिवस मनाया गया जीएसटी व्यवस्था लागू किये जाने के बाद पहली बार करदाता परामर्श आयोजित किया जा रहा है इसका उद्देश्य अगले वर्ष पहली अप्रैल से लागू की जाने वाली नयी रिटर्न व्यवस्था के बारे में लोगों के विचार जानना है व्यवसायी चार्टर्ड अकाउंटेंट और वित्त विशेषज्ञ इसमें हिस्सा ले रहे हैं इस बीच शिमला स्थित केंद्रीय उत्पाद शुल्क मंडल कार्यालय में भी जीएसटी फीड बैक दिवस मनाया गया इस अवसर पर सहायक आयुक्त केके कदम ने बताया कि जीएसटी रिटर्न को लेकर कारोबारियों को पेश आ रही समस्याएं उच्च अधिकारियों के साथ उठाई जाएंगी

अनुराग ठाकुर ने कहा कि विमुद्रीकरण के फैसले से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और आयकर दाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है सुरेश भारद्वाज एनसीसी द्वारा मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत संजौली महाविद्यालय में एनसीसी कैंडिटों ने आज एक स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रैली को हरी इंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है और देश को साफ सुथरा बनाना उन्ही का सपना है शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन से देश के हर नागरिक में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है और हर कोई आज स्वच्छता की बात करने लगा है

ऊना में आज जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि ये रेल लाईन बनने से ऊना व हमीरपुर के अलावा मंडी और बिलासपुर ज़िले के लोगों को भी फायदा मिलेगा

लेकिन अनुराग ठाकुर का कहना है कि आज के समय में रेल सुविधा सबसे सस्ता परिवहन का साधन है उन्होंने कहा कि रेल परियोजनाओं को महत्व देना चाहिए और इस रेल लाईन को बनाने के लिए कोई न कोई तरीका निकाला जाएगा

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने समापन समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने कबड्डी और वालीबॉल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार बांटे इस बीच राज्यपाल ने आज सोलन जिले के दाड़ला स्थित अंबुजा सीमेट संयंत्र का द्वौरा किया उन्होंने संयंत्र की कार्यप्रणाली का अवलोकन कर विभिन्न मशीनरी के कार्यो के बारे में जानकारी ली गोबिंद ठाकुर वन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने आज बिलासपुर जिले में घुमारवीं क्षेत्र के निहारी में चल रहे एक्सपैरिमेंटल सिल्वीकल्चर फिलिंग कार्य का निरीक्षण किया उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर के भराड़ी सिरमौर की पांवटा साहिब और कांगड़ा की नुरपूर वन रेंज में सिल्वीकल्चर फिलिंग की प्रयोग के तौर पर अनुमति दी है और सफलता मिलने पर इसे अन्य रेंजों में भी शुरू किया जा सकता है विधायक राजेंद्र गर्ग भी इस मौके मौजूद रहे परमार लोगों को घरद्वार पर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए जल्द ही दो डायग्नोस्टिक वैन चलाई जाएंगी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज पालमपुर के निकट दैहन में दो दिवसीय रैडक्रास मेले के शुभारम्भ अवसर पर बताया कि इनके माध्यम से गांव गांव में लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य जांच व टैस्ट की सुविधा मिलेगी

उन्होंने उम्मीद जताई कि ये सत्र शांतिपूर्ण रहेगा और सभी सदस्य जनहित से जुड़े मुददों पर सार्थक चर्चा करेंगे

महेंद्र सिंह ग्लोबल इन्येस्टर मीट को लेकर हिमाचल ने दुनियाभर में अपनी पहचान बनाई है सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकूर ने आज मंडी जिले के धर्मपुर क्षेत्र के अनेक स्थानों पर जनसुनवाई के दौरान ये बात कही उन्होंने कहा कि इस इन्वेस्टर मीट को लेकर देश व दुनिया के बड़े बड़े कारोबारियों में उत्साह देखा गया और वे प्रदेश में निवेश के इच्छुक हैं

इसमें मीडिया कर्मियों सहित पर्यटकों ने भी रक्तदान किया आईजीएम सी शिमला के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज ने शिविर का शुभारंभ किया प्रैस क्लब के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज ने बताया कि रक्तदान का उद्देश्य अस्पतालों में खून की कमी को दूर करना है